प्रदेश के चार जिलों में बर्ड फ्लू के मामले आये सामने सभी जिलों में अलर्ट जारी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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को ये ैजानकारी दी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेते हये उन्होने बताया कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निशुल्क लगाया जायेगा

उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहत सफल रहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के लिये बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्भियों को प्रशिक्षित किया गया है कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर आज देशभर में पूर्वाभ्यास किया गया

इस पूर्वाभ्यास के तहत क्रत्रिम टीकाकरण प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों को वैक्सीन के नमूने दिए गये इसका उद्देश्य टीकाकरण शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है

इनमें राजधानी जयपुर सहित भीलवाड़ा करौली अजमेर बांसवाड़ा जोधपुर और बीकानेर जिले शामिल हैं जयपुर में स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का निरीक्षण किया श्री नेहरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर उन्हें कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास प्रकिया की जानकारी दी

बीकानेर के पीबीएम अस्पताल और देशनोक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ये पूर्वाभ्यास किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज का दिन महत्वपूर्ण है पूर्वाभ्यास के माध्यम से टीकाकरण की पूरी प्रकिया सुनिश्चित की जा रही है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

श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ओडिसा में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही

वे लम्बे समय से बीमार चल रहे थे श्री सिंह जालौर लोकसभा सीट से ं कई बार सांसद चुने गए वे बिहार के राज्यपाल भी रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉ रघ् शर्मा ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी ने जैसलमेर के पूर्व महारावल बृजराज सिंह के निधन पर पत्र लिखकर संवेदना जताई है उनके पुत्र चैतन्य राज सिंह को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने महारावल को परंपरा और संस्कृति को सहेजने में अमूल्य योगदान देने वाला बताया

झालावाड़ कोटा बारां और जोघंपुर जिलों में एवियन इन्फ्लूएन्जा का असर देखा गया है पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ वीरेन्द्र सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को सूचित कर दिया गया है झालावाड़ जिले में इस वायरस के कारण कौओं की मौत हुई है हालांकि अभी ये अन्य पक्षियों में नहीं फैला है श्री सिंह ने कहा कि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है

आज कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई

राजधानी जयपुर बीकानेर सवाई माधोपुर और बूंदी में दिनभर बादल छाये रहे और ठंडी हवायें चलीं तथा सुबह देर तक कोहरे का असर बना रहा हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि जिले में मावठ की बरसात होने से किसान काफी खूश हैं इस बारिश से फसलों को लाभ होगा

अलवर के सरिस्का में पर्यटकों का आना लगातार जारी है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अभियान के तहत विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने लिये जायेंगे